मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को लेकर किए जा रहे सभी प्रबंधों का जायजा ले रहे हैं उन्होंने आज पुलिस ग्राउंड स्थित इन्वेस्टर्स मीट स्थल का निरीक्षण भी किया तथा बाद में उच्चाधिकारियों द्वारा की जा रही तैयारियों की समीक्षा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ करेंगे

इस बीच देश विदेश के अनेक निवेशक आज ही धर्मशाला पहुंचने शुरू हो गए

ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के समापन समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह करेंगे इन्वेस्टर्स मीट में केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल नितिन गडकरी प्रहलाद पटेल रामेश्वर तेली और अनुराग ठाकुर भी हिस्सा लेंगे

कांग्रे स विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने नार्थ इस्ट की तर्ज पर केंद्र से हिमाचल के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज की मांग की है अग्निहोत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के लिए कल हिमाचल आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये घोषणा करवाई जाए ताकि प्रदेश में औद्योगिक विकास हो सके अग्निहोत्री आज चंबा में पार्टी के महंगाई बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दों को लेकर आयोजित विरोध प्रदर्शन के मौके पर बोल रहे थे

पार्टी ने इस मौके पर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भी भेजा

पार्टी के वरिष्ठ नेता आशाकुमारी ठाकुर सिंह भरमौरी कुलदीप सिंह पठानिया और नीरज नैयर भी इस मौके मौजूद थे कुल्लू कांग्रे स इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता इंद् पटियाल ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार इन्वेस्टर्स मीट के नाम पर प्रदेश की जमीन को बाहरी लोगों को बेचने की साजिश कर रही है इंद्र पटियाल ने आज कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि इन्वेस्टर्स मीट में कोई पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है उन्होंने प्रदेश सरकार पर जनता के मुद्दों को लेकर असंवेदनशील होने का आरोप भी लगाया

इस मीट में देश विदेश के कई उद्योगपति हिस्सा लेंगे इस उपलक्ष्य में मीट की पूर्व संध्या पर आज रात आठ बजे आकाशवाणी शिमला से विशेष कार्यक्रम करटन रेजर ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट का प्रसारण किया जाएगा

इन समझौता ज्ञापनों के धरातल पर आने पर प्रदेश में समृद्धि और खुशहाली के नए युग का सूत्रपात होगा मुख्यमंत्री आज धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में आयोजित आभार रैली को संबोधित कर रहे थे ये रैली धर्मशाला में भाजपा की जीत के बाद लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए आयोजित की गई थी उन्होंने भाजपा प्रत्याशी विशाल नैहरिया की शानदार जीत और प्रदेश सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों पर विश्वास जताने के लिए स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त किया उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा को समाज के हर वर्ग का समर्थन प्राप्त हुआ है और लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में अपना विश्वास जताया है अध्यादेश प्रदेश में आज से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग अध्यादेश लागू हो गया है इस अध्यादेश को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बीते रोज मंजूरी दी थी इस अध्यादेश के लागू होने से प्रदेश के लघू उद्योगों को व्यापक बढ़ावा मिलेगा और हिमाचल आकर्षक निवेश गंतव्य बन सकेगा

इस अध्यादेश की विशेषता है कि जो उद्योगपति प्रदेश में अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं वह केवल घोषणा पत्र देकर तथा प्रमाण पत्र हासिल कर अगले तीन वर्ष के लिए बिना किसी स्वीकृति के अपना उद्योग शुरू कर सकेंगे राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि प्राकृतिक चिकित्सा समय की मांग है और इसे प्रोत्साहित करने की जरूरत है राज्यपाल आज पालमपुर स्थित विवेकानंद चिकित्सा संस्थान का दौरा करने के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने लोगों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाने और संस्थान द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं के लिए ट्रस्ट प्रबंधन की सराहना की नमस्कार